शिमला में आयोजित आज एक सेमीनार में उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पिति और किन्नौर सहित कुल्लू व मण्डी के उपरी क्षेत्रों में किसानों को सी बकथार्न के पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा राज्यपाल ने कहा कि सी बकथार्न की पैदावार के बारे में चीन व पड़ौसी क्षेत्रों लेह व लदाख से सीख लेनी चाहिए आचार्य देवव्रत ने कहा कि चीन में इससे बनने वाली दवाईयों और अन्य उत्पादन से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है नया उच्चतम न्यायालय पटाखे उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में कम प्रद्षण वाले पटाखों के उत्पादन और बिक्री को आज मंजूरी दे दी शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि दिवाली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे न्यायालय ने निर्धारित सीमा से अधिक प्रद्षण वाले पटाखों की ऑन लाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों की वेब साइट पर अवमानना की कार्रवाई की जायेगी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 शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने कहा है कि ज़िला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा के माध्यम से पंचायतों की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है आज धर्मशाला में हुई समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लिए स्वीकृत धनराशि का सदृपयोग जल्द किया जाना चाहिए भ्रष्टाचार के मामले पर दो सीबीआई अधिकारियों की संलिप्तता पर शांता कमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाशत नहीं किया जाएगा और ये इसका एक उदाहरण है

गोबिंद केन्द्र और प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण व उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं परिवहन मंत्री गोविंद ठाक्र ने अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के पांचवे दिन आज सामूहिक महानाटी में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के कार्योन्वयन में आंगनबाड़ी और आशा वर्करज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव समिति द्वारा विभिन्न विभागों व संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इस महानाटी में जिले भर से हजारों महिलाओं ने पारम्परिक लोक गीतों और वाद्य यंत्रों की धुनों पर नृत्य किया स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिलासप्र में जिला परिषद के अध्यक्ष अमरजीत बंगा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया इस दौरान ज़िले के सभी विकास खंडों में मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय में विकास कार्य पूरा करने को कहा

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार व सुझाव साझा करने का आग्रह किया

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा जागरूकता नेहरू युवा केन्द्र सोलन द्वारा युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस मौके पर उप पुलिस अधीक्षक अमित ठाकुर ने युवाओं से नशे के सेवन से दूर रहने और इसका व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ने में पुलिस की मदद करने का आहवान किया